रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ शिफ्टिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू आज एक बाघिन मुकन्दरा टाइगर रिजर्व के लिए भेजी गई

उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिये है कि वे चुनावी बॉड के जरिए मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को दें

ये सील बंद लिफाफा निर्वाचन आयोग के पास तब तक रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला नहीं कर लेता है इसके साथ ही अदालत ने चुनावी बॉड पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिये हैं कि इस आदेश के मुताबिक चुनावी बॉड के नोटिफिकेशन में बदलाव करें

इस चरण में नाम वापसी का आज अंतिम दिन है

वहीं प्रदेश में लोकसभा के दूसरे चरण के चूनाव के लिए नामांकन का आज तीसरा दिन है

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज श्रीगंगानगर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे

इससे पहले श्री गंगानगर में एक प्रेस कांफ्रेंस में श्री गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ जुमलों पर चलती है जबकि कांग्रेस ने हमेशा विकास के काम किए हैं उन्होंने कहा कि विकास के इन कामों के दम पर ही राज्य में कांग्रेस की फिर से वापसी हुई है और केन्द्र में भी जीत हासिल होगी

श्री जावड़ेकर ने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है

सवाईमाघोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले एक नर बाघ को सरिस्का भेजा जाना था लेकिन तापमान बढ़ने के चलते इसे रोक दिया गया

अदालत ने संयुक्त कार्मिक सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हए ये आदेश दिये

आदेश के मुताबिक फर्जी या किसी अन्य नाम के पहचान पत्रों के आधार पर और पते का भैतिक सत्यापन किये बिना कनेक्शन और सिम कार्ड जारी किये जा रहे हैं इससे समाज और राष्ट्र विरोधी तथा आंतकवादियों तत्वों द्वारा इनका आपराधिक कार्यों में द्रुपयोग करने की शिकायतें मिली हैं

कई जगहों पर मेले भर रहे हैं करौली जिले का प्रसिद्ध कैला देवी का मेला परवान पर है